उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें नेतृत्व का अभाव है और इसकी विचारधारा अस्पष्ट तथा मंशा भ्रष्ट है श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक के समापन सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभरी श्रद्धांजलि दी और अजेय भारत अटल भाजपा का नया नारा दिया इस नारे का तात्पर्य ऎसे भारत से है जो विजयी हो और किसी के सामने भी नहीं झुकता हो तथा एक पार्टी जो अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हो अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर नहीं लड़ रही है बल्कि अपने असत्य पर टिकी है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और संबंधित तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के दुष्प्रचार का डटकर सामना करने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए लेकिन जो सरकार में विफल रहे थे वे विपक्ष में भी विफल हैं उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है बल्कि यह जनकल्याण के लिए है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों को उनके नवाचार शैक्षिक उपलब्धि खेल कला एवं संस्कृति सामाजिक सेवा और वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार वितरित करेंगे

केन्द्रीय मंत्रालय ने लोगो डिजाइन के लिए प्रतियोगिता पुरस्कार का भी शुभारंभ किया है प्रतियोगिता की पूरी जानकारी मंत्रालय की फेसबुक और ट्विटर अकाउन्ट्स में उपलब्ध रहेंगे अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू आगामी पंद्रह सितम्बर को समुदाय आधारित संगठन और समुदाय आधारित छात्र संगठनों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करेगा बैठक में अरुणाचली माता और गैर अरुणाचली पिता के बच्चों द्वारा प्रदेश में एपीएसटी लाभो को ले रहे और संघ के ऑपरेशन क्लीन ड्राइव सहित राज्य में आईएलपी प्रणाली में सुधार के संबंध में विचारों और सुझावों पर विचार तिमर्था किया जाएगा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभिन्न वैकल्पिक विषयों के कठिनाई के स्तर पर कभी न खत्म होने वाले विवादों को द्रर करने के लिए आगामी वर्षों से प्रशासनिक सेवा योग्यता परीक्षा सीसेट का शुभारंभ करना चाहिए उन्होंने कहा कि आयोग को अत्यधिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए और राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई शुरु करनी चाहिए पीपीए ने आयोग को निर्धारित तिथि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की भी सलाह दी राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के बेनर तले वेस्ट सियांग जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने गत शनिवार को आलो के जिला न्याय भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया लोक अदालत में दो सौ सरसठ मामलों में से कुल अठावन पूर्व मुकदमा और एक आपराधिक मामले का निपटारा किया गया बाकि मामला शिकायतकर्ताओं की अनुपस्थिति उत्तरदाताओं या पार्टीयों द्वारा लोक अदालत में मामले को सुलझाने में अनिच्छा व्यक्त करने के कारण पूरा नहीं हो सका मेबो विधायक सह मुख्यमंत्री के सलाहकार लोम्बो तायेंग ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र से एपीपीएससीसीई की मेन्स के लिए योग्य उम्मीदवारों को सम्मानित किया मेबो के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में श्री तायेंग ने प्रशंसा के रुप में पांच लाख पच्चीस हजार रुपए प्रदान किए उन्होंने परिक्षार्थियों से इस सम्मानित परीक्षा को पास करने के लिए प्ररी निष्ठा के साथ मेहनत करने की सलाह दी विहंगम योग संस्थान की राज्य इकाई विहंगम योग संत समाज ने कल आध्यात्मिकता के साथ अच्छे स्वास्थ्य को रखने पर जागरुकता फैलाने के लिए नाहरलगुन में पैदल मार्च की आयोजन समिति के सदस्य बबलू कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत जीवन में अच्छे स्वास्थ्य तन और मन की शांति के लिए राजधानी क्षेत्र में समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नगालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा बिहार उत्तराखंड तमिलनाडु पुद्दुचेरी और दिक्षिणी कर्नाटक के भीतरी जिलों में भारी बारिश की संभावना वाक की है विभाग ने हिमालय के निचले इलाकों पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेताबनी जारी की है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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पंद्रह मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया